आगामी बाइस सितम्बर को शुरु होने वाले इस तीन दिवसीय सम्मेलन में अठ्ठारह से तीस वर्ष आयु के दस हजार से अधिक युवाओ के हिस्सा लेने की उम्मीद है इस सम्मेलन के दौरान यूवा सिधे विशेषज्ञ पैनलो के समक्ष अपना विचार प्रस्ताव और समाधान पेश कर पायेंगे

श्री खांड्र ने कहा है कि राज्य में अठठारह से तीस वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या लगभग चालीस प्रतिशत है जो राज्य एवं देश के उत्थान के लिए मुल्यवान विचार और सुझाव दे सकते है निर्वाचन आयोग चुनाव सुधारो के बारे में सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त दलो के साथ नई दिल्ली में सोमवार को बैठक करेगा इस बैठक की कार्यसूची में मतदाता सूचियों की विश्वमनीयता पर चर्चा शामिल है

राज्य मुख्य सचिव सत्यगोपाल ने आयुक्तो और सचिवो की कल ईटानगर में हुई बैठक में यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के ग्रुप सी के सभी पद कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भरे जाएगे उन्होंने सभी विभागो को नौकरी के लिए प्रकाशित ऐसे सभी विज्ञापनो को वापस लेने के निर्देश दिए है जिनके परीक्षा प्रवेश पत्र अभी जारी नही किए गए है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड गठित करने की घोषणा की थी

आकाशवाणी से प्रसारित इस मासिक कार्यक्रम की यह सेंतालीस वीं कड़ी होगी इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से सुबह ग्यारह बजे प्रसारित किया जायेगा यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध होगा

आकाशवाणी से हिन्दी में प्रसारण के तुरन्त बाद इस कार्यक्रम को क्षेत्रीय भाषाओ में प्रसारित किया जायेगा

मलयालम पंचांग के पहले महीने चिंगम में ओणम मनाया जाता है हमारे संवाददाताओ ने बताया है कि केरल में हाल की बाढ़ में करीब दो सौ चालीस लोगों की मौत होने के कारण इस वर्ष लोगो में ओणम पर्व का जोश कम है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वौकेया नायडु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओणम के अवसर पर भारत और विदेश में रह रहे लोगो विशेष तौर पर केरल निवासियों को शुभकामनाएं दी है राष्ट्रपति ने कहा कि हाल की बाढ़ से उबर रहे केरल के लोगो के लिए ओणम से एक नई शुरुआत होगी

इस ड्राइव के दौरान गैर कनूनी खनन गतिविधियो में कथित रुप से शामिल वाहनो को सेंट्रल जेल क्षेत्र के पास जुलांग नदी से प्रशासन द्वारा जब्त किया गया राजधानी क्षेत्र जिला उपायुक्त प्रिंस धवन ने कहा कि जुलांग नदी के आस पास अवैध खनन गतिविधियो पर प्रतिबंद्ध लगा दिया है उन्होंने अधिकारियो से नियमित जांच करने और अवैध खनन के लिए उपयोग की जाने वाली सभी प्रकार की मसीनो और उपकरणो को जब्त करने का निर्देश दिया है

उन्होंने कल असम के जोयपुर और तिरप जिले के ट्रक चालक संघ के साथ एक आपातकालीन समन्वय बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने चक्का बंद संस्कृति का सहारा लेने से बचने के लिए जोयपुर क्षेत्र के संघ और लोगो से आग्रह किया उन्होंने चैक गेट और यात्रियो एवं ड्राइवरो की सुरक्षा के लिए संवेदनशील स्थानो पर सी सी टी वी और हेल्पलाइन केंद्र की स्थापना का भी आश्वासन दिया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 आज का अधिकतम तापमान इकत्तीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान तेइस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार